इन संगठनों के विदेशों से धन लेने पर रोक लगा दी गई है

उच्च न्यायालय जबलपुर उच्च न्यायालय ने उस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है जिसमें दुष्कर्म पीडिताओं की तरह आरोपियों के भी नाम गृप्त रखने की मांग की गई है

याचिका मे कहा गया है कि दोष सिद्द होने तक आरोपी की पहचान को गुप्त रखा जाये स्थानांतरण भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विकास नरवाल को मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रबंध संचालक बनाया गया है

इन सभी अभयारण्यों में अलग अलग जिलों के छात्र छात्राएँ शामिल होंगे मण्डला जिले के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में मण्डला जबलपुर डिण्डोरी बैतूल देवास रतलाम आगर मालवा और शाजापुर जिले के छात्र छात्राएँ शामिल होंगे वहीं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में सागर दमोह छतरपुर पन्ना टीकमगढ़ सतना रीवा और कटनी के छात्र छात्राऍ भाग लेगें सिवनी जिले में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सिवनी बालाघाट छिन्दवाड़ा नीमच मंदसौर झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी और उज्जैन जिले के छात्र छात्रायें शामिल होंगे

इनमें कनिष्ठ वर्ग से दो छात्र दो छात्राएँ तथा वरिष्ठ वर्ग से दो छात्र दो छात्राएँ होंगी छात्राओं के साथ एक शिक्षिका तथा छात्रों के साथ एक शिक्षक दल प्रभारी के रूप में उत्सव में सहभागिता करेंगे निमाड़ उत्सव खरगौन जिले के महेश्वर में आयोजित किये जा रहे तीन दिवसीय निमाड़ उत्सव के रजत जयंती वर्ष का आज समापन होगा समापन समारोह में कवि सम्मेलन ओड़िसी समूह नृत्य निमाड़ी गायन और भक्ति गायन का आयोजन किया गया है निमाड़ी गायन महेश्वर के मनीष शास्त्री और उनके दल द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा इससे पहले कल आठ राज्यों के लोक संगीत और नृत्यों की प्रस्तुति दी गई ग़जरात का गरबा निमाड़ की गणगौर छत्तीसगढ़ का गौर माड़िया बुन्देलखंड का बरेंदी उत्तरप्रदेश का मयूर और होली तेलंगाना का डप्पू आंध्रप्रदेश का कप्पू कोया और मेजबान मध्यप्रदेश के बैगा जनजाति का परधौनी नृत्य प्रस्तुत किया गया नसबंदी शिवपुरी जिले में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर नसबंदी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है

आज शिवपुरी कोलारस बदरवास एवं पिछोर में नसबंदी शिविरों का आयोजन किया गया है

इस कार्यशाला में हैण्डपंपो के आसपास स्वच्छता बनाये रखने घरों से निकलने वाले गंदे पानी को रीचार्ज करने के लिए लोगों को जागरुक किया गया